प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या एक हजार दो सौ चौरानबे हुई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये अन्तरजनपदीय और अतर्राज्यीय आवागमन को सख्ती से रोकने के निर्देश दिए हैं अपने सरकारी आवास पर कल एक उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि अनावश्यक आवागमन कम करके ही कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोका जा सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के प्रसार को रोकने में पूल टेस्टिंग अत्यन्त महत्वपूर्ण है उन्होंने कोविड नाइन्टीन से बचाव के लिए परस्पर सुरक्षित दूरी पर भी विशेष बल दिया मुख्यमंत्री ने कोविड नाइन्टीन के रोगियों के लिये ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए उन्होंने पुलिसकर्मियों और चिकित्साकर्मियों को इस संक्रमण से बचाने के लिये सभी आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराने को कहा मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड नाइन्टीन के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी के सकारात्मक परिणाम को देखते हुए इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि सभी मुस्लिम धार्मिक नेताओं संगठनों और समुदाय ने रमजान के दौरान घर पर ही नमाज अदा करने का फैसला किया उन्होंने बताया कि तीस से अधिक राज्य वक्फ बोर्डो ने रमजान के महीने में लॉकडाउन के नियमों का कड़ाई से पालन करने की कार्यनीति पर काम शुरू कर दिया है चौबीस अप्रैल से रमजान का पवित्र महीना शुरू होने जा रहा है और देश के समी धर्मगुरू उलेमा धार्मिक संगठन सामाजिक संगठन ने एकजुट होकर के निर्णय किया है और अपील की है मुस्लिम समाज से कि रमजान के इस पवित्र महीने में हम इबादत इफ्तार पराबी या और भी जो रमजान के महीने के हमारे धार्मिक कर्तव्य हैं उनको हम अपने घरों पर ही सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख करके उन कर्तव्यों को पूरा करेंगे श्री नकवी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता और सद्भाव राजनीतिक फैशन नहीं है बल्कि यह भारत और भारतीयों के लिए एक जूनून है उन्होंने कल नई दिल्ली में कहा कि समावेशी संस्कृति और प्रतिबद्वता ने देश को अनेकता में एकता के ताने बाने के साथ एकजुट किया है श्री नकवी ने कहा कि भारत में मुसलमान समृद्व हैं और जो लोग माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं वे उनके मित्र नहीं हो सकते उन्होंने लोगों को फर्जी खबरों और साजिशों से सावधान रहने को कहा श्री नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समूचा देश जाति धर्म और क्षेत्र के सभी बंधनों को तोड़कर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट है देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर लगभग साढ़े सत्रह प्रतिशत है स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने कल नई दिल्ली में कहा कि तेईस राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के इकसठ जिलों में पिछले चौदह दिन से कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है देश भर में कल कोरोना के एक हजार तीन सौ छत्तीस और मरीजों के सामने आने से कोविड नाइन्टीन के मरीजों की कुल संख्या अट्ठारह हजार छः सौ एक हो गई है अब तक तीन हजार दो सौ बावन मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है और कोरोना संक्रमण से पांच सौ नब्बे रोगियों की मौत हुई है उन्होंने यह भी कहा कि केन्द्र ने समी राज्यों को भेजे दिशा निर्देशों में कहा है कि कोरोना पर विशेष ध्यान तो हो लेकिन डायलिसिस एड्स कैंसर और अन्य रोगियों का इलाज भी जारी रहना चाहिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के प्रवक्ता ने बताया कि देश में अब तक कोरोना की चार लाख उन्चास हजार जांचें की जा चुकी हैं उन्होंने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि वे एंटीबॉडी जांच दो दिन तक न करें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी छब्बीस अप्रैल को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे इस कार्यक्रम की यह चौसठवीं कड़ी होगी प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है प्रदेश में एक करोड़ से अधिक लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड किया है प्रदेश के गृह विभाग एवं सुचना तथा जनसंपर्क विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कल लखनऊ में बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समी प्रदेशवासियों से आग्रह किया है कि वे आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें देश भर में अब तक सात करोड़ से ज्यादा लोग इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं यह ऐप हमें कोरोना वायरस से स्वयं को होने वाले खतरे के प्रति आगाह करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सभी देशवासियों से इस ऐप को डाउनलोड करने की अपील की है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का अंतिम संस्कार कल सुबह उत्तराखंड के ऋषिकेश में फूलचट्टी में गंगातट पर किया गया उनके पुत्र मानवेंद्र सिंह बिष्ट ने पिता को मुखाग्नि दी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत समेत कई मंत्री और गणमान्य व्यक्ति उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री के पिता आनंद सिंह बिष्ट का लंबी बीमारी के बाद सोमवार को नई दिल्ली के एम्स अस्पताल में निधन हो गया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन के कारण पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने का निर्णय लिया था उन्होंने अन्य लोगों से भी कम से कम संख्या में अंत्येष्टि में शामिल होने की अपील की थी उधर गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर परिसर में कल शोक सभा का आयोजन कर नाथ पंथ के साध् संतों धर्माचार्यो और कर्मचारियों ने दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना की मंदिर के कार्यालय सचिव द्वारिका तिवारी ने शोक संदेश पढ़ा उन्होंने बताया कि श्री योगी के दिवंगत पिता वर्ष उन्नीस सौ तिरानबे में मंदिर आए थे उन्होंने कहा कि वे धैर्यवान सरल और मृदुभाषी स्वभाव के व्यक्ति थे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामलों की संख्या एक हजार दो सौ चौरानवे हो गई है अब तक एक सौ चालीस मरीज स्वस्थ हुए हैं राज्य में इस समय कोविड नाइन्टीन से संक्रमण के एक हजार एक सौ चौंतीस एक्टिव मामले हैं आगरा गौतमबुद्ध नगर और लखनऊ जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कल लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि प्रदेश के तिरपन जिलों में संक्रमण पाया गया है उन्होंने बताया कि राज्य के नौ जिलों में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं बचा है इस बीच वाराणसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल से कल कोरोना से संक्रमित ग्यारह मरीजों को पूरी तरह स्वस्थ हो जाने के बाद छुट्टी दे दी गई प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि रोजगार उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रदेश में एक्सप्रेस वे परियोजनाओं पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है पूर्वाचल और बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे तथा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे के निर्माण कार्य के माध्यम से साढ़े सात हजार मजदूरों और एक हजार अन्य कर्मचारियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाओं के लिये लगभग एक लाख सत्तर हजार वाहनों के परमिट जारी किये गये और कालाबाजारी तथा जमाखोरी के विरूद्व छह सौ तैंतीस लोगों के खिलाफ मामले दर्ज किये गये तथा दो सौ बाईस लोगों को गिरफ्तार किया गया रमजान का पवित्र महीना शुरू होने वाला है प्रदेश के मुस्लिम धर्म गुरू लगातार लोगों से भीड़ इकट्ठा न करने और घरों में रहकर नमाज पढ़ने की अपील कर रहे हैं संभल जिले के चंदौसी के शहर काजी मरगूब ने भी मुस्लिम समाज के लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन करने और कोरोना संबंधी जांच में चिकित्साकर्मियों का सहयोग करने की अपील की है हिन्दुस्तान में जो ये कोरोना की महामारी आई हुयी है इसका मुकाबला करने के लिए हमें लॉकडाउन का पालन करना बहुत जरूरी है

आकाशवाणी लोगों से फर्जी खबरों और अफवाहों से दूर रहने की अपील करता है ऐसी ही कुछ फेक न्यूज अलग अलग माध्यमों से प्रचारित हो रही हैं इन दिनों यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि ए पॉजिटिव ब्लड ग्रप वाले लोगों में कोरोना संक्रमण होने की आशंका अधिक रहती है देश के वरिष्ठ चिकित्सकों का कहना है कि यह खबर तथ्य आधारित नहीं है कोरोना संक्रमण का सम्बंध किसी विशेष ब्लड ग्रप से नहीं है